हरियाणा में ड्रोन के माध्यम से किए जा रहो मानचित्रण का कार्य अगले वर्ष जनवरी तक प्ररा होगा

प्रधाानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से विश्व स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव हो रहा है और इससे भारतीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास उद्यमिता और रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे

श्री मोदी ने कहा कि भारत देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को चार गुणा बढाने के प्रयास कर रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्नातक की डिग्री हासिल करना युवा विद्यार्थियों के लिीए बहत बड़ी चुनौती है लेकिन हमारे विद्यार्थियों की श्रमता और योग्यता इस चुनौती से कहीं बड़ी है उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारी की भावना को नये अवसरों में बदलें प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व को भारत से बड़ी आशायें और अपेक्षाएं हैं तथा ये सभी युवा विद्यार्थियों से जुड़ी हैं हरियाणा सराकार हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग परियोजनरा और स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में ड्रोन के माध्यम से किए जा रहे मानचित्रण का कार्य अगले वर्ष जनवरी तक पूरा करेगी यह जानकारी आज चण्डीगढ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में महासर्वेक्षक लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार औश्र राज्य के सभी उपायक्तों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दी गई इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजस्व संपदा में निजी सार्वजनिक कृषि और निवास क्षेत्र को वर्गीकृत करते हुए उस संपदा की कुल भूमि का डाटा एकत्रित करने के निर्देश दिये बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को महेन्द्रगढ रेवाड़ी झज्जर दादरी और रोहतक सहित कुछ अन्य जिलों में स्वामित्व योजना के तहत शत प्रतिशत कार्य जल्द पूरा करने बारे भी अवगत कराया गया हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि जल है तो जीवन है इसी आधार पर केन्द्र व हरियाणा सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में नल और हर नल में जल उपलब्ध करवाया जा रहा है राज्य मंत्री आज जिला कैथल के कलायत खण्ड के लिए जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत पानी की जांच हेतु एक मोबाइल प्रयोगशाला वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद लोगों से बातचीत कर रही थी उन्होंने कहा कि यह वैन गांव गांव जाकर पानी के नमूने लेकर मौके पर ही पानी की गुणवत्ता बारे जानकारी देगी

मास्क पहनो रखो दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं कोरोना वायरस से खुद को और अपने आस पास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्योवहार का पालन करें यह आपकी समाजिक जिम्मेदारी भी है

हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले दिन काफी वाहन सफेदा व पापुलर की लकड़ी लेकर पहुंचे काबिले गौर है कि दीपावली पर हर वर्ष मण्डी में छुट्टी की जाती है और यह अवकाश दीपावली धनतेरस भैया दूज छठ और गोवर्धन पूरा के उपलक्ष्य में किया जाता है करनाल सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की बैठक में तीनों मण्डलों के अध्यक्षों उपाध्यक्ष महासचिव महामंत्री व सचिव की नियुक्ति की गई इस मौके पर विधायक राम कश्यप व बीजेपी के जिलाध्यक्ष योगेन्द्र राणा ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सहमति से पदभार सौंपा